सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखण्ड में तीन और चंडीगढ़ में एकमात्र सीट के लिए मतदान होगा

इनमें खंडवा सीट प्रमुख है यहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदक्मार सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव चुनाव मैदान में हैं इसके अलावा इन्दौर रतलाम खरगोन सीटों पर भी लोगों की नजर बनी हई है

स्टडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

सभी को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं पन्ना के ककरहती के पास सड़क हादसे में चार पहिया वाहन पलटने से चार महिलाओं की मौत हो गयी बद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्रभकामनाएँ दी हैं

इस बातचीत को आज रात साढ़े आठ बजे से भोपाल इंदौर और खंडवा आकाशवाणी केन्द्रों से सुना जा सकता है संग्रहालय दिवस आज विश्व संग्रहालय दिवस है इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में आज शाम संग्रहालय विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है इसमें मणिपुर कला और संस्कृति निदेशक डॉक्टर किशम सोविता देवी व्याख्यान देगी वहीं माघवराव सप्रे संग्रहालय में कोलकाता पूना और प्रयागराज से आये तीन महत्वपूर्ण संकलनों को इस संग्रहालय में शामिल किया जाएगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहित्यकार प्रोफेसर रमेश चन्द्र शाह पद्मश्री है

इसके लिए आवेदन पत्र कल से ही मिलने लगे हैं